हरियाणा के वित्त एव राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव व घर को चौबीस घंटे बिजली देने के लिए प्रदेश सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जो नई क्रांति लेकर आयेगी इस योजना को जल्दी ही घोषणा की जायेगी नारनौद हल्का के विभन्न गांवों में करोड़ो रूपये की विकास परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास करते हुए कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास कार्यो में रिकार्ड कार्य किये है

इसके अलावा उन्होंने गांव खेड़ी चोपटा में स्टेट हाइवे दस पर जींद सीमा से चोपटा तक व चोपटा से बरवाला अग्रोहा तक पौने ग्यारह करोड़ रूपये से सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर दस मीटर करने की परियोजना का शिलान्यास किया

ऐसा होन पर बच्चों के लिए पढ़ाई करना ग्रामीण क्षेत्र में उद्यो धंधे लगाना तथा महिलाओं के लिए घर के कार्य करना आसान हो जायेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बरालाने कहा है कि परिवहन विभाग दवारा जनता को ज्यादा से ज्यादा स्विधाएं देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है फतेहाबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने व्यापक प्रबंध किये है और सरकार इस दौरान जन स्विधाओं का पूरा ध्यान रखेगी श्री बराला ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कोई भी कार्यनहीं करती है वाड्रा हडडा पर दर्ज मामले को लेकर सरकार पर जो बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया सभी आरोप बेब्नियाद है उन्होंने कहा कि इस मामले में बिना है वे किसी राजनीति सोच के निष्पक्षता से जांच करते हुए तथ्यों के पर कार्यवाही की जायेगी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा कल होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिये है कि हड़ताल की वीडियोग्राफी करवाए व हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा एकट के खिलाफ कारवाई की जाए रोडवेज कर्मचारियों संघों ने कल प्रे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान करने का ऐलान की रखा है सोनीपत के उपाय्क्त विनय सिंह ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज की प्रस्तावित हड़ताल से जनता को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यक्ता नहीं है हड़ताल के चलते आम जनता जनमानस को कोई समस्या नहीं आने दी जायेगी

हड़ताली कर्मियों से सख्ती से निपटा जायेगा जिनके खिला एस्मा के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेंगी उपाय्क्त ने कहा कि हड़ताल के चलते लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जायेगी अम्बाला के प्लिस म्खी अशोक क्मार ने प्लिस अधिकारिों को डयूटी पर पूरी तरह सर्तक रहने के आदेश दिए है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बह सेवा संसाधन वाला ये सेंट सिवाह के राजीव गांधी खेल परिसर में खोला जायेगा जहां पर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में लाईब्रेरी फिटनेस इकाई और कम्प्यूटर इकाई भी होगी ये केन्द्र खेल और तकनीकी शिक्षा विभाग के सांझे सहयोग से कार्य करेंगा केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हाल ही ब्ड़ापेस्ट में सम्पन्न हई वर्ल्ड यूथ बाक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लड़कियों ने दस विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में से आठ में पदक जीत कर अपनी उपस्थिति बनाई है भिवानी जिले के गांव धनाना की दो बाक्सर बेटियों साक्षी धनधस ने तीन वर्ल्ड यूथ बाक्सिंग व नीतू धनधस ने दो बार यूथ वर्ल्ड बाक्सिंग व एक बार एशियन बाक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत कर हैट्रिक लगाई है दोनों बेटियों का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ कोच जगदीश ने सरकार से इन दोनों के लिए नौकरी की मांग की

राव नरबीर सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य कंपनी को सौंप दिया गया है और मशीनें भी आ गई है

ग्रूग्राम प्लिस के एस पी क्राईम शमशेर सिंह ने कहा कि भ्र्पेन्द्र सिंह हडडा और राबर्ट वाड्रा एफआईआर मामले मे एक सितमबर को कमिश्नर ने डीजीपी को पत्र लिखा है और तहकीकात की अन्मति मांगी है उन्होंने कहा कि भिसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ भ्रष्ट्राचार एक्ट में अन्मति अनिवार्य है अन्मति मिलने के बाद ही तहकीकात में सच सामने आयेगा

गिर फ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि वोह नशीला पदार्थ मध्य प्रदेश से लेकर आता था और इसे जींद कैथल व नरवाना क्षेत्र में सप्लाई करता था प्लिस महानिदेशक बी एस संध् ने एसटीएफ के प्रयासों की सराहना करते हए कहा कि आरोपियों के विरूदव मादक द्वव्य निरोधक अधिनियम के अंतर्गत थाना सदर नरवाना में मामला दर्ज किया गया है पलवल अपराध जांच शाखा प्लिस ने अलग अलग स्थानों से पांच बाईक चोरों को गिर फ्तार किया है प्लिस ने चोरों के कब्जे से चार मोटर साईकिल पांच देशी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस बरामद किये है पलवल अपराध जांच प्रभारी सुरेश भड़ाना ने बताया कि चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है